हरियाणा की मुख्य सचिव ने मंडलाय्क्तों और जिला उपाय्क्तों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की भूमि के पंजीकरण के लिये नंबरदारों और पंचायत सदस्यों को शामिल करने के निर्देश दिये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा देशभर के दस ऐतिहासिक स्मारकों को देखने की समय बढ़ाने के फैसले की सराहना की है एक टिवीट में श्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से अधिक लोग इन स्थानों पर जा सकेंगे और अत्ल्य भारत के पहल्ओं की खोज कर सकेंगे पर्यटन मंत्रालय ने कल घोषणा की थी कि दस ऐतिहासिक स्मारक जनता के लिये सात नौ बजे जक खले रहेंगे इन स्मारकों में हरियाणा का शेख चिल्ली मकबरा भी शामिल है इसके अलावा दिल्ली का सफदरजंग और हमायूं का मकबरा कर्नाटक का गोल गुम्बज और स्मारक समूहख् ओडिसा में राजा रानी मंदिर परिसर मध्यप्रदेश में दुल्हादेव मंदिर महाराष्ट्र में मारकंडा मंदिर समूह ग्जरात मे रानी वाव और उत्तरप्रदेश के मान महल वैधशाला के समय में बदलाव किया है

आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हये भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महा निदेशक नवी राजन ने कहा कि इन सभी दस स्मारकों को शाम के समय रौशन किया जायेगा और उम्मीद है कि इस प्रयास से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे

श्रीमती अरोड़ा जल शक्ति अभियान की राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी की बैठक को सम्बोधित कर रही थी

श्रीमती अरोड़ा ने सभी सार्वजनिक भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना स्निश्चित करने के निर्देश दिये

इसके तहत व्यापक स्तर स्वास्थ्य सेवाओं पर ओर अधिक बल दिया जाएगा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में मलेरिया कार्यकारिणी की बैठक के बाद श्री अरोड़ा ने कहा कि राज्य के अम्बाला फतेहाबाद जीन्द कैथल करनाल क्रूक्षेत्र महेन्द्रगढ़ रेवाड़ी तथा सोनीपत जिलों को मलेरिया म्क्त किया जाएगा

हरियाणा की म्ख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने मण्डलाय्क्तों एवं जिला उपाय्क्तों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों की भूमि के पंजीकरण के लिए पटवारी कृषि विकास अधिकारी ग्राम सचिव मार्किट कमेटी के सचिवों के साथ साथ नंबरदारों एवं पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किये जाने के निर्देश दिये हैं श्रीमती अरोड़ा आज प्रदेश के मेवात पलवल सिरसा हिसार फरीदाबाद जींद रोहतकसोनीपत कैथल झज्जर तथा फतेहाबाद जिले के मण्डालाय्क्तों जिला उपाय्क्तों जिला राजस्व अधिकारियों सिंचाई का काम देख रहे अधीक्षक अभियन्ताओं से विडियो काफ्रे ंसिंग के माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल की समीक्षा कर रही थीं उन्होने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के माध्यम से भूमि एवं फसलों से संबधित जैसे मुआवजा तथा सब्सिडी की सभी जानकारियां किसानों को दी जायेंगी उन्होने कहा कि पंजीकरण करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि खाली भूमि का भी पंजीकरण जरूरी है

श्री अरोड़ा राज्य अंधता नियंत्रण सोसायटी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे

इनमे फरीदाबाद व हिसार में एक एक तथा यम्नानगर मे दो नेत्रदान केन्द्र चल रहे है इन केन्द्रों के माध्यम से जिला स्तर पर व्यापक प्रचारप्रसार से लोगों के लिये प्रेरित किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके लिये राज्य के गैर सरकारी संगठन एवं निजी नेत्र चिकित्सों का भी सहयोग लिया जा सकता है

हरियाणा प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने आज पंचक्ला प्लिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया इस अवसर पर बोलते हए उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को स्वच्छ व श्द्व वातावरण मिल सके उन्होने आग्रह किया कि पौधारोपण के बाद उसे एक वृक्ष के रुप में विकसित करने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं उन्होंने कर्मियों से सभी श्भ दिनों में एक पौधा लगाने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश में हरित पट्टी को बढ़ाया जा सके

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से प्रदेश की तरक्कीसदभावना और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कल क्रूक्षेत्र से रवाना हुई दूसरी डाक कावड़ यात्रा आज को चंडीगढ़ पहुंची हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डाअशोक तंवर के निर्देशन में क्रूक्षेत्र से श्रू हुई यात्रा का हरियाणा की सीमा में जगह जगह स्वागत हुआ